केन्द्रीय कोविड निरीक्षण दल दस दिनों के दौरे पर झारखण्ड़ पहुंची धनबाद जमशेदपुर पलामू समेत अन्य प्रभावित जिलों का करेगी निरीक्षण टोरी रेलवे स्टेशन पर टाना भगतों का आंदोलन जारी अबतक हुई सभी वार्ता विफल रामगढ़ से टीपीसी के दो और चतरा से टीएसपीसी के एक उग्रवादी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

वहीं झारखंड में कोरोना से संक्रमण की वजह से मृत्युदर की दर में कमी आई है राष्ट्रीय औसत के मुकाबले राज्य में मरीजों की मृत्यु दर आधी है राष्ट्रीय मृत्यु दर जहां एक दशमलव आठ पांच है वहीं राज्य में मृत्य दर महज शुन्य दशमलव नौ पांच है राज्य में कोरोना से मरीजों की मौत की दर में कमी पिछले चार दिनों में आई है झारखण्ड में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक हजार पांच सौ सतासी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं

राज्यभर में कल छह कोरोना संक्रमितों की मौत हो गयी इसी के साथ राज्य में कोरोना से मरनेवालों की कुल संख्या बढ़कर चार सौ चौवालीस हो गयी है

अबतक कोरोना से कुल तीस हजार आठ सौ छियासी लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं देश में लगातार दो दिन से ग्यारह लाख सत्तर हजार कोविड मामलों की जांच का रिकार्ड प्राप्त हुआ है पिछले पांच महीनों में कोरोना जांच क्षमता में महत्वपूर्ण बढोतरी हुई है तेईस मार्च को कोविड परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या एक सौ साठ थी जो आज बढ़कर एक हजार छह सौ इक्तीस हो गई है इनमें से एक हजार पच्चीस प्रयोगशालाएं सरकारी हैं जबकि छह सौ छह निजी हैं संक्रमण की दर भी लगातार कम हो रही है और यह लगभग आठ दशमलव पांच प्रतिशत हो गई है राजस्थान उत्त्तरप्रदेश पंजाब और मध्यप्रदेश में यह दर अभी पांच प्रतिशत से भी कम है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अधिक संख्या में जांच होने से संक्रमण का जल्दी पता लगाने और संक्रमितों को क्वार्रेटीन करने में मदद मिली है जिससे महामारी से मृत्यु की दर में भी कमी आई है कोरोना से निपटने को लेकर किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा के लिए केंद्रीय टीम रांची पहंच गई है यह टीम रांची जमशेदपुर तथा धनबाद में कोरोना से निपटने को लेकर किये जा रहे उपायों तथा मरीजों के उपचार की व्यवस्था का जायजा लेगी यह टीम दस दिनों तक इन जिलों में रहेगी

टीम पहले चरण में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी साथ ही जिलों से जानकारी लेने के बाद स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेगी

इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निसंक भी मौजूद रहेंगे

उच्चतम न्यायालय ने आज दुसरी बार कोरोनो संकट के कारण इंजीनियरिंग संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और मेडिकल प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को स्थगित करने को अनुरोध को खारिज कर दिया है छह विपक्षी दल शासित राज्यों ने उच्चतम न्यायालय के पहले दिए गए आदेश की समीक्षा करने और परीक्षाएं स्थगित करने का आग्रह किया था

बोर्ड की ओर से आज इस मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई बोर्ड ने न्यायालय को बताया कि कोरोना से बचाव के लिए सभी तरह की सावधानी और गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है एक कक्षा में सिर्फ बारह विद्यार्थियों को ही बैठाया जायेगा जैसा कि आपको मालूम हो कि बोर्ड की कंपार्टमेंट में कक्षा दस के एक लाख पचास हजार एा सौ अठांनबे और बारहवीं की परीक्षा के सतासी हजार छह सौ इकावन छात्र हिस्सा लेंगे चुनाव आयोग ने देशभर में खाली पड़ी विधानसभा औश्र संसद की कुल पैंसठ सीटों पर बिहार चुनाव के साथ ही उपचुनाव कराने का फैसला किया है चुनाव आयोग ने आज इस संबंध में बैठक की वर्तमान में संसद की एक लोकसभा सीट और देशभर की विभिन्न विधानसभाओं की चौंसठ सीटें खाली पड़ी हैं आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव और राज्य निर्वाचन अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर विचार विमर्श किया बिहार में चुनाव नवंबर महीने में कराये जाने की संभावना है इधर झारखडं में दुमका और बेरमो विधानसभा की सीटें खाली हैं सरकार ने आज कहा कि चालू खरीफ मौसम में एक हजार पंचानबे लाख हैक्टेदयर से अधिक इलाके में विभिन्न फसले बोई गई है जो एक रिकॉर्ड है धान की बुआई अब भी जारी है जबकि दलहनों मोटे अनाज बाजरा और तिलहनों की बुआई का काम लगभग पूरा हो चुका है

उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर बीज कीटनाशक उर्वरक मशीनरी और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से काफी बड़े इलाके में खरीफ की फसलों की बुआई संभव हुई है श्री तोमर ने कहा कि किसानों को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने समय रहते नई टेक्नोलॉजी को अपनाया और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आगे आए कृषि मंत्रालय ने कहा है कि धान की बुआई तीन सौ छियानबे लाख हैक्टेरयर क्षेत्र में हई है जबकि पिछले साल इसी अवधि में तीन सौ पैंसठ लाख हैक्टेलयर पर धान की फसल बोई गई थी इस साल दलहनों की खेती एक सौ छत्तीस लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है जबकि पिछले साल एक सौ तीस लाख हेक्टयर में दलहनी फसलें बोई गई थीं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

सरकार के साथ आज हुई वार्ता भी विफल रही आपको बता दें कि वे अपनी मांगों के समर्थन में पिछले बुधवार से टोरी रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठे हैं कांग्रेस की ओर से गठित टीम ने आज टाना भगतों से वार्ता की

राज्य सरकार ने आज सात भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारियों का स्थानांतरण ओर पदस्थापन किया है राज्य के कार्मिक प्रशासनिक विभाग तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारी नितिश कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए धालभूमगढ़ अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है पदस्थापन की प्रतीक्षारत अभिजीत सिंह को चकधरपुर का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है समीरा एस को रांची सदर का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है जबकि मनीष कुमार को लातेहार का अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है रवि आनंद गुमला के अनुमंडल पदाधिकारी होंगे जबकि ऋतुराज गोड्डा के अनुमंडल पदाधिकारी बनाये गये हैं दिनेश कुमार यादव देवघर के अनुमंडल पदाधिकारी बनाये गये हैं वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने आज लोहरदगा परिसदन में उपायुक्त पुलिस अधीक्षक उप विकास आयुक्त आईटीडीए परियोजना निदेशक अनुमण्डल पदाधिकारी के अतिरिक्त जिला स्तरीय पदाधिकारियो के साथ एक आवश्यक बैठक की बैठक में मुख्य रूप से सांसद धीरज प्रसाद साहु भी मौजूद थे बैठक मे डॉ उरांव ने लोगों को आर्थिक व शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाने के लक्ष्य के बारे में अधिकारियों को बताया रामगढ़ जिले में पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं गांव गांव में कई तरह से कार्यक्रमों का आयोजन किया कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के साथ साथ पुरूषों को भी जागरूक किया जा रहा है आंगनबाड़ी सेविकाओं ने गर्भवती महिलाओं के बेहतर देखभाल साफ सफाई और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के समय लिये जाने वाले निर्णय के प्रति भी जागरूक किया इधर सेविकाओं द्वारा कई स्थानों पर गोदभराई कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया

पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े अपराधियों के घर से हत्याकांड में इस्तेमाल की गई बंद्रक के साथ अन्य हथियार भी बरामद किया है धनबाद पुलिस ने बताया कि उन्नीस अगस्त दो हजार बीस को बैंक मोड़ थाना अंतर्गत मटकुरिया मुख्य मार्ग पर भाजपा के केंद्आ मंडल उपाध्यक्ष सतीश कुमार की अज्ञात अपराधकर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी इस मामले में धनबाद सिटी एसपी आर रामकुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था

रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था

जानकारी को मुताबिक एक मामले में एएसआई निषाद अहमद शिकायतकर्ता को जेल भेजने की धमकी देते हुए पैसे की मांग कर रहे थे इस मामले में मिली शिकायत के बाद एएसआई को रंगे हाथ पकड़ा गया चतरा पुलिस ने आज लावालौंग थाना क्षेत्र के सोहावन चानी जंगल से टीएसपीसी के सबजोनल कमांडर अशोक गंझू को गिरफ्तार किया है लावालौंग थाना के प्रभारी परमानंद मेहरा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान अशोक गंझू को गिरफ़तार किया गया है उन्होंने बताया कि इस पर चतरा और लातेहार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई नक्सली घटनाओं में संलिप्त होने का मामला दर्ज है इधर रामगढ़ पुलिस ने टीपीसी उग्रवादी संगठन के लिए काम कर चुके दो उग्रवादी को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार उग्रवादियों पर व्यवसायियों और संदेवकों से लेवी की मांग करने का आरोप है रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि गिरफ़्तार दोनों लोग उग्रवादी समर्थक हैं

कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के करौंजिया गांव में पिछले शनिवार से लापता एक महिला का शव बरामद किया गया है फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है